नये कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया

कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था नहीं होगी समाप्त

निजी कोचिंग संस्थान और छात्रावास भी इसी दिन से खुल जायेंगे और पछ्आ हवा के प्रभाव से ठंड और कनकनी में तेजी से बढोतरी

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकज़्ट होकर लड़ रहा है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

मध्य प्रदेश के किसानों के साथ वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से संवाद में श्री मोदी ने कहा कि भारत की कृषि और भारत के किसान अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकते हैं उन्होंने कहा कि तेजी से बदल रहे वैश्विक परिदृश्य में बड़े बदलाव की आवश्यकता है जिससे देश में भी किसानों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हो सके

उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के प्रावधान वहीं हैं जिसकी चर्चा कई एक दलों ने अपने घोषणा पत्रों में की थी

यह व्यवस्था पूर्व की तरह जारी है और भविष्य में भी जारी रहेगी

यह पूरी तरह बेबुनियाद है ठेके की कृषि में सिर्फ फसल को लेकर किसानों से समझौता होगा

केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसान समुदाय से अपील की है कि वे नये कृषि कानून के बारे में किये जा रहे गलत प्रचार से भ्रमित नहीं हों उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे इन कानूनों के तथ्यों को समझें और बातचीत करें किसानों के नाम अपने पत्र में श्री तोमर ने किसानों से भड़काने वाले राजनीतिक दलों के बहकावे में नहीं आने की अपील की उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से देश में केवल घोषणाओं से वोट बटोरने की राजनीति चल रही है और जो सरकार अपनी घोषणाओं को ईमानदारी से लागू कर रही है उसे विरोध का सामना करना पड़ रहा है श्री तोमर ने कहा कि भंडार गृह कोल्डस्टोरेज और प्रसंस्करण केन्द्र जैसे कृषि संरचनाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बुनियादी ढांचा कोष बनाया गया है कृषि मंत्री ने ठेके आधारित कृषि के संबंध में किसानों के संदेहों पर कहा कि नये कानून के तहत किसानों और व्यापारियों के बीच अनुबंध केवल फसल के लिए होगा और जमीन किसानों की ही सम्पति रहेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नये कृषि कानूनों को लेकर राज्य में कोई समस्या नहीं है पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में धान की खरीद तेजी से हो रही है और किसानों को कोई समस्या नहीं हो रही है उन्होंने कहा कि दो लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है चालू मौसम में धान खरीद का लक्ष्य पैंतालीस लाख मीट्रिक टन रखा गया है श्री कुमार ने कहा कि सरकारी क्रय केन्द्रों पर धान बेचने के लिए अब किसानों को भू स्वामित्व प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता नहीं होगी केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ऐतिहासिक कृषि सुधार कानूनों का कई किसान संगठनों ने स्वागत किया है और वे अब इसका लाभ भी लेने लगे हैं भागलप्र में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि इन कानूनों से किसानों में एक नई उम्मीद जगी है उन्होंने कहा कि सरकार कानून को लेकर किसानों के बीच फैलाये जा रहे गलतफहमी को दूर करने का प्रयास कर रही है पश्चिम चंपारण जिले के नौतन और चनपटिया विधानसभा क्षेत्रों में आज प्रदेश भाजपा द्वारा किसान चौपाल का आयोजन किया गया समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि नये कृषि कानूनों का उददेश्य कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार कर किसानों की आमदनी दोगुनी करना है उन्होंने विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया

निजी कोचिंग संस्थान भी इसी दिन से खुल जायेंगे मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की हुई बैठक में यह फैसला किया गया मुख्य सचिव ने बताया कि पहले चरण में फाईनल ईयर की कॉलेज कक्षाएं और आठवीं से बारहवीं क्लास के स्कूल खोले जायेंगे इस चरण में सीनियर कक्षा के छात्रों के लिए कोचिंग संस्थान भी खुलेंगे पन्द्रह दिनों के बाद स्कूल कॉलेज की बाकी कक्षाओं के साथ साथ अन्य कोचिंग संस्थान भी खोले जायेंगे छात्रावास को भी चार जनवरी से ही खोलने के आदेश दिये गये हैं स्कूलों और कॉलेजों में कोविड उन्नीस के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा राज्य सरकार सभी छात्रों को मास्क उपलब्ध करायेगी

न्यूनतम तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार अगले चौबीस घंटों के दौरान तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की और कमी आयेगी मौसम वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि पछुआ हवा अपने साथ नमी लेकर आ रही है जिससे अत्यधिक ठंड और कनकनी की स्थिति बनी हुई है

स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर पंचानवे लाख बीस हजार से अधिक हो गयी है स्वस्थ होने की दर पंचानवे दशमलव चार शून्य प्रतिशत है देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या तीन लाख तेरह हजार से अधिक है वहीं एक दिन में बाईस हजार आठ सौ नवासी नये मामलों की पुष्टि होने के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या निन्यानवे लाख से अधिक हो गई है इसी अवधि में तीन सौ अड़तीस लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक लाख चौवालीस हजार सात सौ नवासी हो गया है प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख उनतालीस हजार पांच सौ अड़तीस हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच सौ इक्यासी लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव चार प्रतिशत है वहीं इसी अवधि में पांच सौ पैंतीस नये मामलों की भी पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख पैंतालीस हजार नौ सौ तैंतीस हो गयी है सबसे अधिक पटना से एक सौ उनयासी नये मामलों की पुष्टि हुई एक दिन में चार लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार तीन सौ इकतालीस हो गया है राज्य में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या पांच हजार तिरपन है बहजन समाज पार्टी के विधायक मोहम्मद जमा खान और कांग्रेस के विधायक मुरारी गौतम ने आज जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात की इन नेताओं के बीच लगभग डेढ़ घंटे तक बातचीत हुई राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात के बाद सरगर्मी बढ़ गयी है हालांकि दोनों विधायकों ने इसे सामान्य मुलाकात बताया है पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि बिहिया जगदीशपुर पीरो बिहटा पथ का निर्माण कार्य अगले वर्ष मार्च महीने तक पूरा कर लिया जायेगा विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान श्री पांडेय ने बताया कि लगभग साढ़े चौवन किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर पांच सौ चार करोड़ रुपये खर्च होंगे झारखंड उच्च न्यायालय ने जेल मैनअल के उल्लंघन के मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की याचिका पर झारखंड सरकार को जवाब देने के लिए आठ जनवरी तक का समय दिया है न्यायामूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने अगली सुनवाई के दौरान सरकार को मामले के हर पहलू पर जवाब दायर करने का निर्देश दिया गौरतलब है कि लालू प्रसाद का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वे एक भाजपा विधायक को बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के दौरान सदन से अनुपस्थित रहने के लिए प्रलोभन दे रहे थे

नये कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया

कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था नहीं होगी समाप्त

निजी कोचिंग संस्थान और छात्रावास भी इसी दिन से खुल जायेंगे

पांच डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ डिहरी प्रदेश से सबसे ठंडा स्थान रहा